वित्त मंत्री पत्रकारवार्ता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रूपये के कृषि ढांचागत कोष बनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत घोषित बीस लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि इस कोष का इस्तेमाल कोल्ड चेन की स्थापना और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के अलावा बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा वित्त मंत्री ने बताया कि आर्थिक पैकेज की इस तीसरी किस्त में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा वित्त मंत्री ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के औपचारीकरण के लिए दस हजार करोड़ रूपये की योजना की घोषणा की इस योजना से दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा

श्रीमती सीतारमण ने बताया कि तिरपन करोड़ मवेशियों के टीकाकरण के लिए तेरह हजार तीन सौ तिरालीस करोड़ रूपये का कोष बनाया गया है डेयरी प्रसंस्करण में निवेश के लिए पंद्रह हजार करोड़ रूपये के पश्पालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है हर्बेल खेती को बढ़ावा देने के लिए चार हजार करोड़ रूपये के कोष की घोषणा की गई है अगले दो वर्ष में इसके तहत दस लाख हेक्टेयर भूमि पर हर्बल खेती की जाएगी मधुमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है इससे दो लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा

आर्थिक पैकेज का उल्लेख करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तीन करोड़ छोटे किसानों को चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर ब्याज के भुगतान में इकतीस मई तक छूट दी गई है

तीन महीने तक उनको वापस नहीं करना है ब्याज पर सहायता दी है रीपेमेंट करने पर इनको इनसेटिव दिया है क्रॉप लॉन्स पर

श्री ठाकुर ने बताया कि रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है उन्होंने कहा कि रेहडी पटरी वाले पचास लाख व्यापारियों को दस दस हजार रुपये की कार्यशील प्रंजी दी जाएगी वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की है

आज प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र में मुख्यमंत्री ने सत्रह मई को लॉकडाउन के बाद की रणनीति पर केन्द्र सरकार को अनेक सुझाव दिए हैं उन्होंने कहा कि कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र में आवश्यक के साथ गैर आवश्यक वस्तुओं के बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए वाहनों की बिक्री करने वाले सभी शो रूम और वर्कशॉप संचालन की अनुमति भी दी जानी चाहिए साथ ही होटल व्यवसाय को शर्तों के साथ केवल रहवासी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमति दी जा सकती है श्री बघेल ने अपने पत्र में जिलों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने की प्रक्रिया का अधिकार राज्यों को दिए जाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि अंतर्राज्यीय सीमाओं को अभी नहीं खोला जाना चाहिए उन्होंने विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गैर आवश्यक अंतर्राज्यीय परिवहन पर पंद्रह जून तक प्रतिबंध रखने का निवेदन किया है प्रधानमंत्री को लिखे एक अन्य पत्र में मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में होने वाले खर्च के भुगतान के लिए राज्य आपदा निधि में प्रावधान करने का अनुरोध किया है मोचन कोरोना संक्रमण जांच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निगरानी के उद्देश्य से सरकारी क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और प्रवासी श्रमिकों के आरटी पीसीआर आधारित कोरोना संक्रमण की समूह जांच के आदेश दिए हैं यह जांच ग्रीन जोन के उन जिलों में भी लागू होगी जहां पिछले इक्कीस दिनों से कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के प्रोटोकॉल के अनुसार गले और नाक के स्वैब के लिए पच्चीस लोगों के समूह की पहचान की जाएगी कोरोना मरीज पुष्टि छत्तीसगढ़ में बीते चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज की पुष्टि हुई है यह मरीज बालोद जिले में मिला है संक्रमित मरीज की सूचना मिलने के बाद इस मरीज को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर साठ हो गई है इनमें से छप्पन मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है फिलहाल कोरोना संक्रमित चार मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है इस बीच महासमुंद जिले के जिन तीन प्रवासी मजदूरों का स्वाब सैंपल जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया था उनमें कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया है

लॉकडाउन बस परिवहन केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन पर प्रतिबंधों को देखते हुए यात्रियों को रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दे दी है गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ई टिकटों की पुष्टि के आधार पर रेलवे स्टेशन से निवास तक यात्रियों के आने जाने की अनुमति दी गई है कोरोना ई पास राज्य सरकार ने स्वयं के वाहन से अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति देने के लिए ई पास एप्लीकेशन और वेबसाइट शुरू की है अनुमति प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदकों को इलाज कराने के लिए या परिवार में किसी सदस्य का निधन होने पर जाने के लिए या अन्य किसी आपात स्थिति पर आवागमन के लिए अनुमति देने पर विचार किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को व्यक्तिगत विवरण यात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी के अलावा वाहन नंबर की जानकारी देनी होगी इस ई पास एप्लीकेशन को अब गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है

कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर ऐसे प्रत्येक प्रवासी व्यक्तियों को चौदह दिन के लिए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिलों में अलग अलग भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है राज्य में अब तक सोलह हजार से अधिक क्वारेंटान सेंटर बनाए गए हैं इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर में पेड क्वारेंटाइन सेंटर के लिए चार होटलों का चयन किया गया है इनमें देश के मुंबई पुणे अहमदाबाद इंदौर भोपाल गाजियाबाद और नोएडा से आ रहे लोगों को जो शुल्क भुगतान कर सकते हैं उन्हें रखा जाएगा वहीं ऐसे व्यक्ति जो शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते हैं उनको पेण्ड्री के आदर्श एकलव्य विद्यालय के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा इधर बलौदाबाजार भाटापारा जिले के छह सौ छियासी गांवों के एक हजार तीन सौ सैंतीस भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर के लिए तैयार किया गया है वर्तमान में जिले के छह जनपदों में करीब बयानवे हजार लोगों को रूकवाने की व्यवस्था की गई है उधर कोरिया जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए करीब नौ हजार व्यक्तियों की क्षमता वाले एक हजार एक सौ बत्तीस क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं इनमें अब तक पांच सौ साठ लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है वहीं जिले में सात सौ लोगों को होम क्वारेंटाइन किया गया है इस बीच जांजगीर चांपा जिले के सारागांव के सरवानी गांव में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में शराब पिलाने के आरोप में कोटवार सहित पांच ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है

महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में कल रैपिड टेस्ट में कोरोना संक्रमण के छह संदिग्ध मरीज मिलने के बाद आज इस क्षेत्र को पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया वहीं जांजगीर चांपा जिले में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी जबकि शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा इस बीच बालोद जिले के होटल व्यवसायियों ने कलेक्टर से व्यापार शुरू करने की अनुमति देने की मांग की है इस संबंध में सभी होटल व्यवसायियों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा इधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी क्षेत्र में युवा कांग्रेस ने मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान चलाया इसके जरिये जरूरतमंदों को राशन और जरूरत का सामान वितरित किया गया

उधर दुर्ग जिले के अंजोरा बायपास में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सराफा कारोबारियों के सहयोग से प्रवासी मजदूरों को गमछा और चप्पल का वितरण किया वहीं भिलाई निगम क्षेत्र में कोरोना वायरस को मात देने के लिए निगम की करीब चार सौ तीस महिला सफाईकर्मी स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रही हैं वहीं बेमेतरा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम कार्य में लगे नोडल अधिकरी को लापरवाही बरतने के मामले में कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है

यह संख्या बीते पंद्रह वर्षों में सबसे अधिक है उधर धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के मल्हारी गांव में लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है बताया जाता है कि यह व्यक्ति बिना अनुमति के अपनी बेटी को ऑरेंज जोन वाले कोरबा से लेकर धमतरी आया था वहीं नमक की कालाबाजारी के खिलाफ विभिन्न जिलों में अभियान जारी है आज दुर्ग जिले में खाद्य विभाग की टीम ने ग्यारह प्रतिष्ठानों की जांच की और करीब बासठ हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया इस बीच दूसरे राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों का आना जारी है इसी क्रम में गुजरात के खेड़ानाडियाड से आज एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन रायपुर और बिलासपुर होते हुए चांपा स्टेशन पहुंची इसमें रायपुर धमतरी राजनांदगांव और कोंडागांव सहित विभिन्न जिलों के श्रमिक वापस लौटे हैं राज्य के सभी जिलों में कल और परसों यानी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा इस दौरान दूध डेयरी और पेट्रोल पम्प तथा दवा दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी

इसके लिए राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन के संशोधन किया है जो राशन कार्डधारी परिवार पूर्व में अप्रैल से लेकर जून महीने तक का आदेश में अतिरिक्त चावल राशन दुकानों से निःशुल्क ले चुके हैं उन्हें जून में नियमित आवंटन के साथ शेष बचा हुआ चावल मिलेगा बम बरामद दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आज तलाशी के दौरान चार आईईडी बरामद किए हैं माओवादियों ने एक कुकर में आईईडी विस्फोटक रखकर इसे जमीन के नीचे दबा दिया था ये सभी आईईडी तीन से चार किलो की हैं जिन्हें रिमोट से जोड़ा गया था इसके अलावा सुरक्षा बलों ने तीन पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं सीबीएसई परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि नवमीं और ग्यारहवीं कक्षा के असफल छात्रों को स्कूल आधारित ऑनलाइन ऑफलाइन या नवोन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा बोर्ड का कहना है कि यह अवसर उन सभी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनके परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं या उनकी परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है वहीं कृछ स्थानों पर तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है आज राजनांदगांव और महासमुंद में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई

वहीं तालाब में डूबने से एक युवक की जान चली गई